प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन आज समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है इस अवसर पर प्रदेश में भाजपा द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने हाजीपूर में जबकि केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मोतिहारी में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया श्री राय ने बाद में पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय से चलंत वाहन रवाना किया जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित लघु फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन गांव गांव में किया जायेगा इधर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कई स्थानों पर सादगी और उल्लासपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में केक काटा और प्रधानमंत्री के सुदीर्घ राजनीतिक जीवन की कामना की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि एनडीए में घटक दलों के बीच लोकसभा के सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है श्री राय ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कभी भी घोषणा की जा सकती है इधर जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करेंगे श्री कुमार तीन दिन के दौरे पर दिल्ली में हैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल इंडिया की तरह ही स्वच्छता ही सेवा अभियान को सफल बनाने के लिये सभी को एकाग्र भाव से जुट जाना चाहिए श्री प्रसाद आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय में स्वच्छता अभियान की शुरूआत कर रहे थे उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि प्रति सप्ताह दो घंटे का समय स्वच्छता अभियान के लिये लगायें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज कहा कि राज्य के दो जिलों को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त घोषित किया जा चुका है उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य के रोहतास नालंदा मुंगेर खगड़िया समेत पांच जिले ओडीएफ श्रेणी में आ जायेंगे श्री कुमार आज पटना में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा स्वच्छ भारत अभियान पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य की आठ हजार तीन सौ इक्यानवे पंचायतों में से पंद्रह सौ नब्बे को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है उन्होंने कहा कि एक करोड़ तिरसठ लाख परिवारों में से एक करोड़ दस लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया गया है बाकी बचे परिवारों को अगले वर्ष तक शौचालय मुहैया करा दिया जायेगा पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने कहा कि दो अक्टूबर से राजधानी में सुबह और शाम घर घर से कचरा उठाने का अभियान शुरू किया जायेगा इस अवसर पर क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के निदेशक विजय कुमार ने बताया कि ब्यूरो के तत्वावधान में अगले वर्ष फरवरी तक राज्य के बारह जिलों में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जायेगा इस अवसर पर पीआईबी के निदेशक दिनेश कुमार समेत अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे केन्द्र सरकार ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र ने देश में पिछले चार साल के दौरान एक करोड़ छियालीस लाख तीस हजार रोजगार उपलब्ध कराये हैं नई दिल्ली में आज रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय पर्यटन मॉर्ट का उद्घाटन किया एक रिपोर्ट भारतीय पर्यटन मॉर्ट का उद्घाटन करते हुए रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि स्वच्छता अभियान से पर्यटन क्षेत्र को जबर्दस्त बढ़ावा मिला है क्योंकि विश्व भर से और ज्यादा संख्या में पर्यटक भारत आने लगे हैं इस अवसर पर उपस्थित पर्यटन मंत्री केजे अल्फांस ने बताया कि पर्यटन और आतिथ्य उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान छह दशमलव आठ आठ प्रतिशत है उन्होंने बताया कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में तेजी में तेजी आई है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वीजा नियम सरल बनाए गए है उन्होंने जानकारी दी कि पर्यटन मार्ट उन राज्यों में भी मार्ट विकसित करेगा जहां अभी ये सुविधा नहीं है समाचार कक्ष से वीरेन्द्र कौशिक नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत भानेखाप जंगल के कारिपहाड़ी में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया पुलिस को इस क्षेत्र में पंद्रह से ज्यादा नक्सलियों के जमा होने की सूचना मिली थी जिसके बाद एएसपी अभियान कुमार आलोक एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के विरूद्व छापेमारी अभियान चलाया आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया है अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए इन सभी को नोटिस जारी किया है इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आरोपियों के खिलाफ समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू परिवार अपने किये की सजा भुगत रहा है पटना उच्च न्यायालय ने मधेपुरा मेडिकल कॉलेज को अगले शैक्षणिक सत्र से चालू करने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कॉलेज खोलने की सभी औपचारिकताएं आठ दिसम्बर तक पूरी करने का निर्देश दिया आरा के गजराजगंज थाना क्षेत्र के चौकीपुर गांव में धरपकड़ के लिये गयी पुलिस टीम पर अपराधियों ने गोलीबारी कर दी इस घटना में गोली लगने से एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गयी है पश्चिम चंपारण जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ रहे हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट साउंड बाईट मुद्रा योजना के तहत पश्चिम चंपारण जिले में छोटे बडे बीस हजार से अधिक व्यवसायियों के बीच एक सौ चौदह करोड रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया गया है ऋण लेकर अपने व्यवसाय को बढाने वाले बेतिया के कौशल किशोर ने बताया कि सबसे बडी खासियत है कि मुद्रा योजना के तहत बिना किसी झंझट के ऋण प्राप्त होता है बाइट कौशल किशोर जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अलग अलग जरुरतों के हिसाब से लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण दिये जा रहे हैं बिना किसी गारंटी के ऋण से यह योजना स्वरोजगार को बढाने में काफी कारगर साबित हो रही है बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए धर्मेन्द्र कुमार राय शरद यादव के राज्यसभा सदस्य के तौर पर अयोग्यता मामले की सुनवाई अब उच्चतम न्यायालय में होगी इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जनता दल यूनाईटेड द्वारा दाखिल की गयी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के एक परीक्षा केन्द्र से रेलवे ग्रूप डी की परीक्षा के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार व्यक्ति दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था रेलवे ग्रूप डी के पचास हजार से अधिक खाली पदों पर नियुक्ति के लिए आज से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर रहा है देश भर में कई केन्द्रो पर अगले एक माह तक ये परीक्षा आयोजित की जायेगी कटिहार जिले के फलका प्रखंड अंतर्गत सालेहपुर स्थित महादलित टोला में डायरिया के प्रकोप से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गयी बस्ती में बारह से अधिक बच्चे डायरिया से पीड़ित हैं इधर इस मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों के दल को इलाके में रवाना किया है सिविल सर्जन मुर्तजा अली ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में ओआरएस का वितरण किया जा रहा है और डीडीटी की दवा का छिड़काव जारी है विश्वकर्मा पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है इस अवसर पर पूरे प्रदेश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों मशीन घरों कल कारखानों और दुकानों को विशेष रूप से सजाया गया है कई स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा भी स्थापित की गयी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी है आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र पटना में भी धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा की गयी राज्य सूचना आयुक्त ने कटिहार अंचल के लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदक द्वारा मांगी गयी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और टालमटोल करने के आरोप में पंद्रह हजार रूपये का जुर्माना लगाया है भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकटा गांव में गंगा नदी के सहायक धार में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड लीचीगाछी मोहल्ला से पुलिस ने तीन सौ छियानवे बोतल विदेशी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है